गोविंदपुरा इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन सभागार में आयोजित कार्यशाला में चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं व्यापारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है इसमें पंजीयन आवेदन और उसमें संशोधन रिटर्न फाइल करना रिफंड आवेदन ई वे बिल डाउन करने पर प्रशिक्षण शामिल है यह पहला मौका है जब कर सलाहकारों उद्योगपतियों छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोटरों को आ रही कठिनाईयों को सीधे कम्प्यूटर पर जानकारी देकर दूर किया जायेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सिवनी जिले के लखनादौन में जनसभा को सम्बोधित करेंगे जनआशीर्वाद यात्रा के तहत मुख्यमंत्री विभिन्न गांवों का दौरे करते हुए बरघाट पहुंचेंगे बरघाट में जनसभा को सम्बोधित करने के बाद मुख्यमंत्री सिवनी वापस लौटेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ओपीरावत ने कहा है कि अब लोक सभा और विधानसभा चुनावों में ईवीएम मशीनों के साथ साथ वीवीपैट मशीनों का भी उपयोग होगा ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपेट मशीनों के उपयोग पर सभी राजनीतिक दलों ने सहमति जताई है निर्वाचन में विश्वसनीयता को बनाये रखने और लोगों को प्रेरित करने के लिये गांव गांव जाकर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के उपयोग और कार्यप्रणाली के बारे में समझाइश दी जा रही है देश में वीवीपैट मशीनों का उपयोग पहली बार होने जा रहा है अधिकारियों और कर्मचारियों को मशीनों के उपयोग के बारे में मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहीं शहर में आयोजित मतदाता जागरूकता समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के नागरिकों को अपने मताधिकार का उपयोग कर प्रजातंत्र को मजबूत करने का आाहवान किया सावन सोमवार आज सावन का दूसरा सोमवार है प्रदेश के सभी जिलों में शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है

हमारे उज्जैन संवाददाता ने बताया है कि भगवान महाकालेश्वर आज भक्तों का हालचाल जानने के लिये नगरभ्रमण पर निकलेंगे

सवारी पूजन अर्चना के बाद नगर भ्रमण की ओर रवाना होगी आगरमालवा जिले में भी भगवान बैजनाथ महादेव के दर्शन करने के लिये दूर दूर से श्रद्वालू पहुंचे हुए हैं देवास में सिद्वेश्वर महादेव के दर्शन के लिये शिवालयों में भीड़ है शिवपुरी नीमच सतना ग्वालियर नरसिंहपुर जिलों के मन्दिरों में भी सावन के दूसरे सोमवार पर पूजा अर्चना का दौर जारी है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कांग्रेस नेता अरूण यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे

जिले के स्थानीय लालपरेड मैदान पर झण्डा वन्दन होगा

इससे घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जायेगी इन्दौर में लोकायुक्त पुलिस ने नगरनिगम कर्मचारी असलम खान के घर पर छापामार कार्यवाही की है